वे आज शिमला में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल के नेतृत्व में उनसे मिलने आए प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रतिनिधिमण्डल को सम्बोधित कर रहे थे प्रतिनिधिमण्डल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर डॉक्टर सिकंदर कुमार की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने आया था इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर सिकंदर प्रदेश विश्वविद्यालय को नई दिशा प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की उनकी नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है और ये नियुक्ति योग्यता के आधार पर एक लंबी प्रकिया के बाद मैरिट आधार पर की गई है जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हमेशा ही इस समुदाय के लोगों को वोट बैंक समझा और उनके विकास पर बहुत कम ध्यान दिया इस बीच ेप्रदेश विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी भेंट की ये एक शिष्टाचार भेंट थी मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल के छोटा दड़ा में सड़क की स्थिति और छतड़ से एक किलोमीटर पहले बने पुल का आज निरीक्षण किया उन्होंने इन दोनों की स्थिति अति दयनीय होने पर बीआरओ को पत्र लिखकर तुरंत सडक व पूल की मुरम्मत के निर्देश दिए मारकंडा ने कहा कि सड़क व पुल की खराब स्थिति से यातायात बाधित हो रहा है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने सड़क व पुल के कार्य को इस वर्ष सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले पूरा करने के निर्देश भी दिए वीरेंद्र कश्यप केंद्रीय महिला व बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र कमार ने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्रो के लिए वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री डाकघरों के माध्यम से भेजने का सरकार का कोई विचार नहीं है शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद वीरेंद्र कश्यप द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि पोषक खाद्य सामग्री का चयन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है

मिशन इंद्रधनुष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन इंद्र धनुष के चंबा जिले में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है

आज का दिन हर वर्ष अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को याद किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अगस्त क्रांति आंदोलन आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण पड़ाव था रजनी पाटिल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है चंबा में आज जिला कांग्रेस कार्येकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजूट है और वीरभद्र सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं व उन्हें साथ लेकर ही आगामी लोकसभा चुना लड़े जाएंगे रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल की चारों संसदीय सीटों पर जीत दर्ज करेगी उन्होंने कहा कि उन्होंने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया हे जिसमें लोगों का अपार समर्थन पार्टी को मिल रहा है रजनी पाटिल ने कहा कि अन्य संसदीय सीटों की तरह कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से भी कांग्रेस एक सशक्त उम्मीदवार उतारेगी बादल फटा क़ल्लू जिला के बंजार उपमंडल की तीर्थन घाटी के साईरोपा में आज सुबह बादल फटने से तीन घर नष्ट हो गए कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि इस घटना में एक गैस्टहाउस कैंपिंग साईट सहित दाड़ी गांव में एक गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुई है

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन व पूलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर राहत कार्यों का जायजा लिया